इसमें दुनियाभर के नेता प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे

इस आयोजन में वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक गठबंधनों पर भी जोर दिया जाएगा

आयोजन की मेजबानी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नीति आयोग तथा ग्रैंड चौलेंजेस कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम संयुक्त रूप से कर रहे हैं इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन आरंभिक वक्तव्य देंगे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स शुरूआती चर्चा प्रस्तुत करेंगे

यह सभी की भागीदारी भी आमंत्रित करता है ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया कृषि पोषण स्वच्छता मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करता है शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की गंभीर हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर चेन्नई से विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल कल रात रांची पहुंचा चार्टर्ड प्लेन से रांची पहुंचे इस तीन सदस्यीय दल में डॉ अपर जिंदल डॉ मुरली कृष्ण और डॉ जुनैद अमीन शामिल हैं एयरपोर्ट से डॉक्टरों का दल सीधे मेडिका अस्पताल पहुंचा जहां शिक्षा मंत्री भर्ती हैं

श्री महतो की स्थिति देखते हुए उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है

वहीं चार सौ बावन मरीज ठीक हुए हैं जबकि कोरोना से सात लोगों की मौत हुई है

राज्य में अब तक आठ सौ उनचालीस लोगों की मौत कोरोना से हुई हैं

प्रदेश में अबतक अठाइस लाख से अधिक सैंपलों की जांच हो चुकी है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है उन्होंने यह बात कल रविवार संवाद की छठी कड़ी में सोशल मीडिया पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हए कही डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस समय देश में प्रतिदिन लगभग छह हजार चार सौ टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार कोविड महामारी के कारण बढती मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है गृह मंत्रालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समूह पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत की निगरानी कर रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कीमतें निर्धारित कर दी हैं

उन्होंने कहा कि यह राशि अगस्त सितम्बर और अक्टूबर में तीन किस्तों में जारी की गई

इस पोर्टल पर राज्यस्तरीय राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल करनेवाले खिलाड़ियों को सूचीबद्व किया जायेगा खिलाड़ी इस पोर्टल से अपनी परेशानियों से सरकार को अवगत करा सकेंगे और इससे खिलाड़ियों की समस्याओं का निदान किया जायेगा पोर्टल के अलावा मुख्यमंत्री खेल निदेशलय की नयी वेबसाइट की भी शुरूआत करेंगे

आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात दुबई में किंग्स् इलेवन पंजाब ने रोमांचक दूसरे सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस को हरा दिया मैच और पहला सुपर ओवर टाई होने के बाद ट्र्नामेंट के इतिहास में पहली बार हार जीत का फैसला दूसरे सुपर ओवर से हुआ

पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने पांच पांच रन का बराबर स्कोर किया इसके बाद मैच ऐतिहासिक दूसरे सुपर ओवर में गया

इससे पहले कल अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी सुपर ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया

गोड्डा की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने राज्य के विधि व्यवस्था के मसले पर राज्यपाल के नाम एक ज्ञान सौंपा है चतरा जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने पत्थलगडा थाना क्षेत्र के सिंघानी गांव में कल देर शाम एक महिला को मुखबीरी के आरोप में गोली मारकर घायल कर दिया गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन पहाड़पुर गांव में तालाब में ड्रबने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी एक अन्य घटना में दाढ़ी मोड़ के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी

इनमें रांची पटना और रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन होगी

रामगढ़ में दुर्गा पूजा के आयोजन के संबंध में पतरातू अंचल अधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया आज शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जा रही है और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज राजधानी रांची से प्रकाशित होनेवाले अधिकतर समाचार पत्रों ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के स्वास्थ से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दिशा निर्देशों में छू की संभावना बढ़ी इस शीर्षक के साथ दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर सरकार से छूट की मांग को पहले पन्ने पर जगह दी है

दैनिक जागरण ने पहले पत्रे पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य की स्थिति और चेन्नई से आये विशेषज्ञ चिकित्सकों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं दैनिक भास्कर ने केंद्रीय स्वास्थ मंत्री के संडे संवाद की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

हिंदुस्तान टाइम्स ने हैदराबाद में बाढ़ में एक नवजात बच्चे को रेस्क्यू करने की फोटो स्टोरी को पहले पत्रे पर प्रकाशित किया है